विधानसभा में आज अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग किसान आन्दोलन के नाम पर देश की छवि को खराब कर रहे हैं और राष्ट्र के विकास में बाधा डालने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसान संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत की और आगे भी बातचीत के लिये तैयार है मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वैश्विक स्तर पर भारत की छवि मजबूत हो रही है तब कुछ लोग किसानों के मुद्दे के नाम पर इसे खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में भारी मात्रा में निवेश को आकर्षित कर रहा है किसानों के कल्याण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही कई योजनाओं का जिक्र करते हुए श्री योगी ने कहा कि देश के बारह करोड़ किसान प्र्यानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हुए हैं उन्होंने कहा कि योजना के तहत किसानों को हर साल छः हजार रूपये उनके खातों में पहुंचाये जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी निवेश अनुकूल पारदर्शी तथा व्यवस्थित नीतियों के कारण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिये आकर्षण का केन्द्र बन गया है नोएडा प्राधिकरण और एक निजी कम्पनी के बीच निवेश सम्बन्धी समझौता ज्ञापन कार्यक्रम को आज वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश ने उद्यम अनुकूल स्थितियों का सृजन किया है उन्होंने कहा कि ईज ऑफ द्बूईग बिजनेस की राष्ट्रीय सूची में प्रदेश का दूसरे स्थान पर होना इसकी पुष्टि करता है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निवेशपरक योजनाओं और रोजगार को बढ़ावा देने वाले उद्यमों की स्थापना और अधिक से अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये नीतियां बनायीं हैं जिससे प्रदेश उद्यमिता का केन्द्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश न केवल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है बल्कि देश की सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या भी यहां है उन्होंने कहा कि प्रदेश देश का सबसे बड़ा बाजार भी है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य की चौबीस करोड़ आबादी को कोविड नाइन्टीन संक्रमण से बचाने के लिये स्वास्थ्य सम्बन्धी मूलभूत सेवाओं को और मजबूत करने में सफलता प्राप्त की है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक सौ चार नए मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान एक सौ पैंसठ लोग स्वस्थ हुए हैं फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार पांच सौ इक्कीस है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि राज्य में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर अट्ठानबे दशमलव एक प्रतिशत है उन्होंने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में एक लाख छत्तीस हजार एक सौ अस्सी कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल तीन करोड़ एक लाख तिहत्तर हजार दो सौ छब्बीस नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश में आज स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीके की दूसरी डोज लगायी जा रही है साथ ही टीकाकरण से छूट गए स्वास्थ्यकर्मियों को भी टीका लगाया जा रहा है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण लगभग पूरा कर लिया गया है शेष अग्निम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण बाईस फरवरी तथा पच्चीस फरवरी को किया जायेगा इसके साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी डोज भी लगायी जाएगी प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए स्कूली छात्रों रिक्षकों और अभिभावकों के पंजीकरण की प्रक्रिया चौदह मार्च तक जारी रहेगी इस कार्यक्रम का चौथा संस्करण इस वर्ष मार्च में आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन माई जीओवी मंच पर ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कहा था कि अब परीक्षा देने वाले बहादुर छात्रों ने अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है इसलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी वापस लौट आया है आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत देश में पहला खिलौना मेला सत्ताईस फरवरी से दो मार्च तक वर्चअल माध्यम से आयोजित किया जायेगा इसका उद्देश्य खिलौना निर्माण को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना है इसके माध्यम से भारतीय खिलौना उद्दोग के सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए स्थायी संबंध बनाया जायेगा भारत खिलौना मेला दो हजार इक्कीस की वेबसाइट है डब्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इंडिया ट्वाय फेयर डॉट इन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में मिट्टी का टीला धंसने से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं चित्रकूट जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र में आज मिट्टी खुदाई करने के दौरान टीला धसने से इसके नीचे दबकर दो महिलाओं और एक बालिका की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गई